कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ सी पी जोशी की अध्यक्षता वाली आरसीए को मंग कर तदर्थ सभिति गठित कर दी गई है श्रीगंगानगर जिला किकेट संघ के सचिव विनोद सहारण को समिति का संयोजक बनाया गया है समिति को तीन महीने में आरसीए के चूनाव कराने हों गे

डॉ सिंह ने नई दिल्ली में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनमोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित पेंशन अदालत के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही डॉ सिंह ने कहा कि पेंशन अदालतों से मौके पर ही पेंशनमोगियों की शिकायतों का निवारण करने में मदद भिलेगी उन्होंने कहा कि इसके जरिये पेंशनमोगियों को जीवन निर्वाह में सुगमता का अधिकार दिया गया है उन्होंने राज्यों से यह अनुरोध किया कि वे केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये सुशासन से जूड़े कदमों को लागू करें डॉ सिंह ने कहा कि पेंशनभोगियों की सहूलियत के लिए सरकार ने अनेक सुधार लागू किए हैं

नयी समितियों का गठन एक सितंबर से प्रभावी होगा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कांस्टेबल से हैडकांस्टेबल बने पुलिसकर्भियों को सम्मानित किया

मारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनिंदो मजुमदार केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं

रोडवेज बसें नहीं चलने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है जयपुर में लोफ्लोर बसों के संचालकों ने भी हडताल कर रखी है

इस मौके पर तेजाजी और बाबारामदेव मंदिरों में कई कार्यक्रम हो रहे है जयपुर के मानसरोवर में वीर तेजाजी मंदिर में मेला भर रहा है राज्यपाल कल्याण सिंह मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे और विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और श्रभकामनाएं दी हैं

यह फ्लैग मार्च पूरे शहर से होते हुए पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फ्लैग मार्चे से शहर में शांति व्यवस्था बनी रहेगी और अपराधों पर नियंत्रण रहेगा

इन सभी ने फर्जी मस्टररोल भरकर बिना काम किये सरकारी राशि का गबन किया इन सभी पर फर्जी बिल बनाकर गबन करने का आरोप है मामले की जांच शुरू कर दी गई है

इधर जयपुर जिले के दिवंगत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की निय्क्ति के बाद ली जाने वाली कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा कल आयोजित होगी